आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड नाइंटीन की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विशेष चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि देष में बनी दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं तथा चार और वैक्सीन विकसित की जा रही है श्री मोदी ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी दूसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि विषेषज्ञों ने देषवासियों को प्रभावी टीके उपलब्ध कराने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की असहजता से निपटने के प्रबंध किए हैं प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेषों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिष्चित बनाने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि देष के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं

प्रदेश में टीकाकरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा इसके बाद सफाईकर्मी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और अर्द्वसैनिक बलों को प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दो लाख सड़सठ हजार कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए निन्यानवे जगहों पर टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं इस कार्य में सात हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए रायपुर में आज स्टेट लेवल मीडिया कन्सलटेशन का आयोजन किया गया इस मौके पर राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि टीकाकरण के लिए राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की गई है वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर और जिला नोडल अधिकारी इस कार्य की निगरानी करेंगे टीका लगाने के बाद कोई आपातकालीन स्थिति आने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख नवासी हजार से अधिक हो गई है कल छह सौ इकसठ नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई प्रदेश में करीब नौ हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच राजनांदगांव जिले में ब्लॉक स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है कल शहर के नंदई चौक में आयोजित शिविर में पहुंचे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए काढ़ा और मास्क का वितरण किया गया साथ ही वात उदर और जटिल रोगों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई प्रधानमंत्री बर्ड फ्लू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के संबंध में कहा है कि सरकार ने इस बारे में एक रूपरेखा तैयार की है जिस पर तत्काल अमल करने की आवध्यकता है

इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने राजस्थान गुजरात उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश केरल मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि लोगों को इस संक्रमण के बारे में जागरूक करें और गलत जानकारी से बचाएं राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अपने यहां जलाशयों पक्षियों के बाजारों चिड़ियाघरों और मुर्गीपालन फॉर्मो की निगरानी बढ़ाने के साथ ही कचरों के निष्पादन पर ध्यान दें इस बीच अब से थोड़ी देर पहले मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है बालोद जिले में हाल ही में मृत पाए गए कुछ कौवों और मुर्गियों के नमूनों को भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भेजा गया था यहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है सरकार द्वारा प्रदेश में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए हरसंभव एहतियाती उपाय उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भुपेश बघेल कल बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान बीजापुर नगर पालिका द्वारा संचालित गौठान पहुंचे और रोजगारमुलक कार्यों में संलग्न महिलाओं से बातचीत कर उनका हाल जाना इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समृह की महिलाओं से रूबरू होकर गाय और भैंस पालन से द्ग्ध उत्पादन और गोबर विक्रय से आमदनी के संबंध में जानकारी ली गौठान का संचालन कर रही महिलाओं ने बताया कि गौठान में बायोगैस प्लांट बनाया गया है इससे ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता हो रही है वहीं गौठान में अब तक तीन सौ क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है महिलाओं ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि गौठान में काम करने वाली महिलाएं गमला दीये मूर्तियां और गोबर की लकड़ियां बनाने से लेकर कुक्कुट पालन मछली पालन और मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजापुर में सॉफ्टबॉल तीरंदाजी कबड्डी बैडमिंटन और व्हालीबॉल सहित कई खेलों का आनंद लिया उन्होंने यहां लोहा पहाड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री कल बारह जनवरी को दुर्ग जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान श्री बघेल जिले को दो सौ अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो की सौगात देंगे

आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यह युवा नवोदित अंतरिक्ष शोधकर्ताओं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए देश के बुद्धिजीवियों से सीखने और अपने स्कूल परिवारों तथा स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर होगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंवन ने आशा व्यक्त की कि इससे स्कूली बच्चों के बीच परंपरागत् तरीके से सीखने के स्थान पर नवाचार और अनुभवजन्य शिक्षा की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि इससे स्कूल के दिनों से ही शिक्षा में अनुसंधान के प्रति रूझान बढ़ेगा वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की ज्यूरी समिति ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए तीन बच्चों का चयन किया है राज्यपाल अनुसुईया उइके चयनित बच्चों को आगामी छब्बीस जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में नगद पुरस्कार राशि पंद्रह हजार रूपये प्रशस्ति पत्र और मैडल प्रदान कर सम्मानित करेंगी पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में रायपुर की टिकरापारा निवासी बारह वर्षीय कुमारी उन्नति शर्मा धमतरी जिले की कुरूद निवासी बारह वर्षीय कुमारी जान्हवी और दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा निवासी दुर्गेश सोनकर शामिल हैं भेंडिया प्रशिक्षण सत्र समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने आज रायपुर के माना कैम्प स्थित राज्य संसाधन और पुनर्वास केन्द्र में विभागीय त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया इस मौके पर श्रीमती भेंडिया ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा की है कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है लेकिन सुरक्षा के साथ तेजी से आगे बढ़ना है यह प्रशिक्षण इस दिशा में उपयोगी साबित होगा सेना भर्ती प्रशिक्षण कोंडागांव जिले में सेना अर्द्वसैनिक बल और पुलिस में भर्ती की इच्छा रखने वाले युवाओं को विश्रामपुरी कैम्प में प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए कल विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के कई युवाओं ने अपना पंजीयन कराया जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में विश्रामपुरी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में थाना विश्रामपुरी चौकी बासकोट क्षेत्र और बड़ेराजपुर के सैकड़ों युवा शामिल हुए जिनमें कई महिलाएं भी थीं शिविर में विभिन्न सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आम भर्ती की प्रक्रिया के अनुरूप शारीरिक प्रशिक्षण तथा लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य बातों की जानकारी देने के लिए जिला पुलिस और सीआरपीएफ के मास्टर ट्रेनर्स की व्यवस्था की गई थी वहीं जिले में भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा युवाओं को थल और जल सेना तथा सीआरपीएफ में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण देने वाले सेना के पूर्व हवलदार सुब्रत साहा ने बताया कि जिले के मर्दापाल माकड़ी फरसगांव बड़ेकनेरा और नारायणपुर इलाके से बड़ी संख्या में युवक युवतियां प्रशिक्षण लेने आ रही हैं मुख्य सचिव प्रभार मुख्य सचिव अमिताभ जैन स्वास्थ्यगत् कारणों से अवकाश पर हैं उनकी अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू अपने वर्तमान कार्यो के साथ साथ मुख्य सचिव का चालू कार्य संपादित करेंगे इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है गौरतलब है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के कारण रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है मौसम प्रदेश के दक्षिणी भाग में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने एक चक्रवाती घेरा के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है श्री बघेल ने कहा है कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का संकल्प सूत्र देकर अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान दिलाया खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत कल जशपुर विकासखंड के टिकैतगंज में स्वर्गीय भीखराम भगत की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने सामाजिक पत्रिका कुडूख पड़हा पुंप का विमोचन किया

वहीं दस अन्य लोग घायल हो गए हैं जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में आज हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई

इस दौरान वे महिला प्रताड़ना से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी